इस अवसर पर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और उद्योग मंत्री बिकम ठाकूर भी मौजूद रहे

जयराम ठाकर ने कहा कि केन्द्र व प्रदेश सरकार कोरोना महामारी की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपट रही है और सरकार के प्रयासों से काफी हद तक इसे रोकने में कामयाबी मिली है

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विधानसभा सत्र करवाने को लेकर मंजूरी दे दी है और इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है सत्र के दौरान सदन की कल पांच बैठके होंगी विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए शीतकालीन संत्र में विशेष प्रबंध किए जाएंगे तुलसी राम पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पंडित तुलसी राम का बीती रात कांगड़ा जिले के पालमपुर में निधन हो गया

पंडित तुलसी राम का आज भरमौर में उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया वन मंत्री राकेश पठाानिया विघानसभा उपाध्यक्ष हंसराज और भरमौर के विधायक जियालाल कप्र ने भी उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने पंडित तुलसीराम के निधन पर गहरा शोक जताया है राज्यपाल ने उन्हें एक महान नेता बताया जिन्होंने भरमौर और प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित तुलसी राम ने कमजोर वर्गो के कल्याण के लिए अथक प्रयास किए विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप सांसद किशन कपूर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर और अन्य नेताओं ने पंडित तुलसी राम के निधन पर शोक जाताया है लाला लाजपतराय पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपतराय की आज प्रण्य तिथि है इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और अन्य लोगों ने भी उन्हें श्रद्वा सुमन अर्पित किए इस मौके पर देशभक्ति पर आधारित भजन भी गाए गए हींग राज्य सरकार ने हींग व केसर की खेती के लिए कृषि से संपन्नता योजना शुरू की है कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज शिमला में बताया कि मंडी चंबा लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्र हींग व केसर की खेती के लिए अनुकूल पाए गए है लाहौल स्पीति के कोरिंग गांव में हींग का पहला पौधा रोपित किया गया है

परमार विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि जलजीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है

कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगूराम मुसाफिर ने राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्जे के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया है शिमला में आज पार्टी पर्दाधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी राज्य में विकराल रूप धारण कर चुकी है और सरकार को इस संकमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए

इस दुर्घटना में गैहरा गांव की बीना और उनकी बेटी रंजना की मौत हो गई